विशिष्ट बीटीसी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि राज्य के सोलह हजार छह सौ आठ शिक्षकों की विशिष्ट बीटीसी की मान्यता पर संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में बिल पेश किया जाएगा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज फोन पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री से इन शिक्षकों के विशिष्ट बीटीसी की मान्यता प्रकरण पर बातचीत की मुख्यमंत्री ने कहा कि फोन पर बातचीत के दौरान श्री जावड़ेकर ने बताया कि उत्तराखंड के विशिष्ट बीटीसी का कोर्स करने वाले शिक्षकों को मान्यता के लिए एनसीटीई के प्रस्ताव पर संसद में लाया गया बिल पास हो गया है अब संसद के शीतकालीन सत्र में राज्य सभा में यह बिल पेश किया जाएगा इससे इन शिक्षकों के प्रशिक्षण को एनसीटीई की मान्यता मिल जाएगी

इस कोर्स को करने के बाद इन शिक्षकों को डायट से विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र भी मिल गया था और इसी आधार पर सरकारी स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षक के पदों पर नियुक्ति भी मिल गई थी पिछले साल एनसीटीई ने इन शिक्षकों के विशिष्ट बीटीसी कोर्स को मान्यता देने से इंकार कर दिया

एनआईटी श्रीनगर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि एनआईटी श्रीनगर से शिफ्ट नहीं होगा

चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद सरकार इस जमीन का हस्तांतरण एनआईटी के नाम करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाएगी एनआईटी श्रीनगर को लेकर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री जावेड़कर से जमीन और अन्य समस्याओं पर बातचीत की मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि छात्रों के हॉस्टल की समस्या का स्थायी समाधान भी निकाला जाएगा स्थायी कैंपस बनने तक श्रीनगर में ही प्रशासनिक भवन और फैक्लटी भवन तक पहुंचने के लिए अलग से मार्ग बनाया जाएगा इससे छात्रों को राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं गुजरना पड़ेगा

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जो काम किए हैं उससे पार्टी को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है

मेनिफेस्टो निकाय चुनाव में जीत के लिए राजनीतिक दल जनता से लुभावने वादे कर रहे हैं हाल ही में कांग्रेस के दृष्टि पत्र जारी होने के बाद उत्तराखंड क्रांति दल और आम आदमी पार्टी ने भी अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिये हैं

इसमें शहर की जनता से जुड़े हुए मुद्दों से संबंधित घोषणाए की गई हैं

इसमें दावा किया गया है कि पार्टी शहरी निकाय से जारी होने वाले सभी प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन जारी करने की व्यवस्था करेगी इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी पार्टी ने जलभराव का निस्तारण आध्रनिक वैज्ञानिक तरीके से करने और बच्चों के लिए सुविधाए जैसे बिंदुओं को घोषणा पत्र में जगह दी है गंगा जन अभियान अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा संचालित निर्मल गंगा जन अभियान के तहत संगठित गंगा सेवा मंडलों के प्रशिक्षण के लिए पांच सदस्यीय एक दल हरिद्वार से रवाना हुआ ये दल बिजनौर से लेकर उन्नाव तक के शहरों और नगरों में निर्मल गंगा जन अभियान में जुटे स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण देगा गायत्री परिवार प्रमुख डॉ प्रणव पण्ड्या ने बताया कि ये दल हरिद्वार से लेकर उन्नाव तक के सोलह जिलों में काम कर रहे गंगा सेवा मण्डलों को प्रशिक्षण देने के साथ ही सभी जिलों में गोद लिये हुए गांव और घाटों पर नियमित रूप से जागरूकता अभियान चलाएगा जौलजीबी मेला केन्द्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि जौलजीबी मेला लोक संस्कृति को जीवित रखते हुए आगे बढ़ा रहा है उन्होंने कहा कि ये मेला तीन देशों भारत तिब्बत और नेपाल के बीच व्यापार के माध्यम से मित्रता को भी बढ़ाता है केन्द्रीय कपड़ा राज्य मंत्री ने पिथौरागढ़ में जौलजीबी मेला एवं विकास प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर ये बात कही श्री टम्टा ने जिले के सीमांत क्षेत्र के काली और गोरी नदी के संगम पर आयोजित होने वाले इस प्रसिद्ध मेले में लगे स्टालों का निरीक्षण भी किया उन्होंने कहा कि इस मेले में हमारे संस्कार और संस्कृति की झलक नजर आती है उन्होंने मेले को और बेहतर बनाने के लिए पूरा सहयोग देने की बात कही इसके बाद उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किये गौचर मेला हर साल बाल दिवस पर शुरू होने वाले ऐतिहासिक राज्य स्तरीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृ तिक गौचर मेले की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने औपचारिक शुरूआत कर दी हालांकि निकाय चुनाव की वजह से इस बार गौचर मेला तेइस से उनतीस नवंबर तक आयोजित किया जायेगा मेले की औपचारिक शुरूआत के तहत छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकालकर चाचा नेहरू को याद किया जिलाधिकारी ने कहा कि गौचर मेले के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है उन्होंने बताया कि इस बार गौचर मेले का अलग स्वरूप लोगों को देखने को मिलेगा मेले में उत्तराखण्ड की लोक संस्कृति की झलक देखने के साथ साथ कई नये कॉम्पोनेंट भी कार्यक्रमों में शामिल किये गये हैं जिसमें साहसिक गतिविधियां फूड फेस्टिवल योगा कैम्प फिल्म फेस्टिवल और राज्य स्तरीय पुरूष बाक्सिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है राज्यपाल महोदय राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने निर्देश दिया है कि भविष्य में अभिवादन स्वरूप जहां महामहिम राज्यपाल शब्द प्रयोग किया जाता है उसके स्थान पर राज्यपाल महोदय या माननीय राज्यपाल का प्रयोग किया जाए उन्होंने राज्यपाल के लिए महामहिम का सम्बोधन नहीं करने का निर्देश दिया है राज्यपाल के सचिव आरकेसुधांशु ने इस आशय का आदेश जारी किया है बाल दिवस आज पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने प्रदेशवासियों को और विशेष रूप से बच्चों को बाल दिवस र्की बधाई दी है उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का श्रद्वा पूर्वक स्मरण करते हुए उनको भी श्रद्वांजलि अर्पित की है बाल दिवस पर अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और आज के बदलते दौर में बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा के प्रति पहले से कहीं ज्यादा जागरूक रहने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा और स्वास्थ्य का ब्रुनियादी अधिकार देकर ही हम एक स्वस्थ और ख्रुशहाल समाज की नींव रख सकते हैं श्रीमती मौर्य ने विशेष रूप से वंचित वर्गो के बच्चों के कल्याण के लिए सभी के योगदान को जरूरी बताया मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भी बाल दिवस पर बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई और श्भकामनाएं दी है मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू का बच्चों के प्रति विशेष स्नेह था उन्होंने कहा कि देश के बेहतर भविष्य के लिये बच्चों को अच्छी तालीम और संस्कारवान बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है